प्रधानमंत्री लाइट हाउस प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज सुबह ग्यारह बजे वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से मप्र सहित छह राज्यों के छह शहरों में वैश्विक आवासीय प्रौद्योगिकी चुनौती जीएचटीसी भारत के तहत लाइट हाउस परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे प्रदेश के इंदौर में इस परियोजना पर काम चल रहा हैप्रधानमंत्री भारत में सस्ते और टिकाऊ आवासीय उत्प्रेरक आशा तहत विजेताओं की घोषणा भी करेंगे और प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी को लागू करने में उत्कृष्टता के लिए वार्षिक पुरस्कार भी प्रदान करेंगे

लाइटहाउस परियोजनाओं के माध्यम से देश में पहली बार नये युग में वैकलपिक प्रौद्योगिकी सामग्रियों और प्रक्रियाओं के उपयोग से बडे स्तर पर निर्माण की झलक पेश की जायेगी इस तरह के निर्माण कार्य मध्य प्रदेश के इंदौर गुजरात के राजकोट तमिलनाडु के चेन्नई झारखंड में रांची त्रिपुरा में अगरतला और उत्तर प्रदेश में लखनऊ में किये जा रहे हैं हर जगह इस तरह के एक हजार आवासों का निर्माण होगा

कल नई दिल्ली में किसान संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ केन्द्र सरकार की छठे दौर की बातचीत हुई बैठक में केन्द्रीय मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर पीयूष गोयल और सोम प्रकाश शामिल हए बैठक के बाद क्र षि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने कहा कि बातचीत अच्छे वातावरण में हुई और सकारात्मक रूप से संपन्न हई श्री तोमर ने किसान नेताओं को आश्वासन दिया कि सरकार उनकी समस्याओं को सुलझाने के लिए प्रतिबद्ध है और सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए दोनों पक्षों को कदम आगे बढाने की जरूरत है उन्होंने कहा कि चार मुद्दों में से दो पर बैठक में सहमति बन गई है श्री तोमर ने बताया कि पहला मुद्दा पर्यावरण से संबंधित अध्यादेश और दूसरा बिजली कानून से संबंधित था कृषि मंत्री ने कहा कि सरकार लगातार कह रही है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी रहेगा और यह लिखित रूप में भी देने के लिए तैयार है उन्होंने कहा कि किसान संगठन ऐसा महसूस करते हैं कि न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी दर्जा मिलना चाहिए इसलिए बातचीत जारी रहेगी

उन्होंने कहा कि छात्रों शिक्षकों और अभिभावकों के सुझावों को ध्यान में रखकर परीक्षाओं की तैयारी की जा रही है

उत्तर से आ रही बर्फीली हवा के कारण राज्य कड़कड़ाती ठंड की चपेट में है मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि शीत लहर के बीच ही प्रदेश के लोगों को नए साल का स्वागत करना होगा

ठंड को मात देने के लिए शाम से ही सड़क के किनारे अलाव जलाकर बैठे लोगों को देखा जा सकता है

मप्र में सबसे कम तापमान दतिया में दर्ज किया गया है जहां पारा तीन डिग्री सेल्सियस तक गिर गया है

वहीं प्रदेश में पड़ रही ठंड ने भी लोगों के उत्साह को ठंडा कर दिया है उधर कड़कड़ाती ठण्ड के बावजूद नए साल का जश्न मनाने के लिए देश भर से पर्यटक पचमढ़ी पहुंच रहे हैं इसकी यहां सभी प्रकार की तैयारीयां पूरी हो गयीं हैं इस दौरान कोरोना गाइड लाइन का पूरा ध्यान रखा जाएगा बहरहाल पचमढ़ी में सभी होटलें बुक हो चुकी हैं यहां हालात यह है कि कई पर्यटकों को अधिक किराया देने पर भी होटल में जगह नहीं मिल पा रही है